राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छ भारत अभियान जैसा समर्पण जल शक्ति मिशन के प्रति भी दिखाने का किया आह्वान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में महानिदेशक स्कूली शिक्षा का पद सुजित करने समेत बीस महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी केन्द्र सरकार ने कहा प्याज की कीमतों में उछाल अल्पकालिक स्थिति पर रखी जा रही है बारीक नजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से अलग अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के साथ बैठक की और आपसी सम्बंधों पर चर्चा की न्यूयार्क में मीडिया से बातचीत में श्री ट्रम्प ने कहा कि दोनों देश व्यापार वार्ता में सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उन्होने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक मतभेद दूर करने और दोतरफा वाणिज्य को आगे ले जाने के लिए व्यापारिक पैकेज पर बातचीत चल रही है श्री मोदी ने कहा कि जहां तक व्यापार का सम्बंध है वे ह्यूस्टन में बहुत प्रसन्न हैं और उनकी उपस्थिति में भारतीय कम्पनी पेट्रोनेट ने ढाई अरब डॉलर के एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए हैं ये राशि कम्पनी उर्जा क्षेत्र में निवेश करने जा रही है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में संदेश दे दिया है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की इस स्वीकारोक्ति पर कि इनकी खुफिया एजेन्सी आई एस आई ने अलकायदा आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया

अमरीकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रॉकस्टार एल्विस प्रेस्ले से की और कहा कि मोदी कट्टरवादी आतंकवाद की समस्या को हल करने में सक्षम हैं अपने सप्ताह भर की अमरीकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प से कल रात दूसरी बार भेंट हुयी उन्होने अमरीकी राष्ट्रपति को ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री ट्रम्प उनके मित्र हैं और भारत के बहत अच्छे मित्र हैं श्री मोदी और श्री ट्रम्प की मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि आतंकवाद पर भारत का दृष्टिकोण सामने रखा जबकि अमरीकी राष्ट्रपति ने भारतीय परिप्रेक्ष्य और भारत के सामने आतंकवाद की चुनौती को समझा है उन्होने कहा भारत ने अमरीका को बताया कि किस तरह पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों को सहायता और सम्थन देकर भारत के लिए संकट पैदा कर रहा है श्री गोखले ने बताया कि भारत अमरीका के बीच व्यापारिक मुद्दे सुलझ जाने की सम्मावना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल रात संयुक्त राष्ट्र महासभा के चौहत्तरवें अधिवेशन के अवसर पर प्रशान्त द्वीप राष्ट्रों के नेताओं से मेंट की श्री मोदी ने प्रशान्त द्वीप राष्ट्रों की विकास सम्बंधी प्राथमिकताओं के प्रति भारत की वचनबद्वता व्यक्त की विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह पहला अवसर है कि प्रधानमंत्री ने प्रशान्त द्वीप विकासशील देशों के नेताओं के साथ सामूहिक मुलाकात की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से स्वच्छ भारत अभियान की तरह जल शक्ति अभियान को सफल बनाने को कहा है उन्होंने कहा कि देश ने स्वच्छता के लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है और देश खुले में शौच से लगभग मुक्त होने वाला है नई दिल्ली में कल छठें भारत जल सप्ताह दो हजार उन्नीस के कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि दो अक्टूबर को देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती स्वच्छ भारत अभियान के पूर्ण होने के दिन के रूप में मना रहा है उन्होंने बताया कि सरकार ने दो हजार चौबीस तक सभी ग्रामीण परिवारों को जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन अभियान की शुरूआत की है राष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान में स्थानीय स्तर पर जल की मांग और आपूर्ति पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा श्री कोविंद ने कहा कि इस अभियान के तहत वर्षा जल संचयन भूजल एकत्र करने और घरेलू अपशिष्ट जल के लिए बूनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार जल जीवन अभियान के तहत सभी परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए पचास अरब डॉलर का निवेश कर रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह तय किया गया कि बेसिक शिक्षा के सभी निदेशालयों को एक ही अधिकारी के मातहत लाया जायेगा ताकि प्रशासनिक निर्णयों में तेजी आ सके इसके लिये मंत्रिमंडल ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा डीजीएसई का पद सृजित किये जाने को मंजूरी दे दी इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया कि पहले से चली आ रही व्यवस्था के तहत मंत्रियों के आयकर की जिम्मेदारी अब सरकार की नहीं होगी बल्कि उन्हें यह व्यय स्वयं वहन करना पड़ेगा इस संबंध में लाये गये संशोधन को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी मंत्रिमंडल ने बिजनौर कानपुर देहात और कौशाम्बी मे नये मेडिकल कॉलेज के लिये भूमि मुहैया कराये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के अवसर पर खादी वस्त्रों की फूटकर बिक्री पर पांच प्रतिशत की छूट दिये जाने के संबंध में लाये गये प्रस्ताव को पास कर दिया इसके साथ ही दुकानों होटलों और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और अब एक बार पंजीकरण करने के बाद दोबारा पंजीकरण नहीं करना होगा हालांकि इसकी फीस दोगुनी कर दी गई है मंत्रिमंडल ने मक्का की खरीद के मूल्य में अस्सी रूपये की बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है सरकार ने आबकारी विभाग की पूरी प्रक्रिया को ऑन लाइन करने का फैसला किया है जिसके तहत निर्माण खरीद और ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया ऑन लाइन करने के साथ ही इसे बारकोड युक्त किया जायेगा प्रदेश सरकार ने सात नगर निगमों को अपने संसाधन से स्मार्ट बनाने का फैसला लिया है जिसके लिये पचास करोड़ रूपये हर नगर निगम को दिये जायेंगे इनमें मेरठ गोरखपुर अयोध्या शाहजहांपुर मथुरा वृंदावन गाजियाबाद और फिरोजाबाद शामिल है केन्द्र सरकार ने कहा है कि प्याज की कीमतों में उछाल अल्पकालिक है और स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कल नई दिल्ली में कहा कि प्याज की कमी अस्थाई है और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बाढ़ और वर्षा के कारण परिवहन व्यवस्था में आई बाधा से हई है

हमने बार बार राज्य सरकार से आग्रहकिया है कि जो भी राज्य सरकार हमसे चाहे आकर के ले सकता है

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपना पूरा जीवन देश की निःस्वार्थ सेवा में लगा दिया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रतिवर्ष पच्चीस सितंबर को अन्त्योदय दिवस का आयोजन किया जाता है पण्डित दीनदयाल के जन्म स्थान मथ्रा जिले के नगला चन्द्रभान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पण्डित जी को श्रद्वाजंति अर्पित की जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रात नौ बजे लखनऊ स्थित स्मृतिका पर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और विवरण हमारे संवाददाता से मंत्री गण सांसद एमएलए बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश भर में जन्मोत्सव कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं

केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे मेरठ में जन्मदिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे वही पार्टी के कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में संवधित द्वथों पर पहुंचकर स्वच्छता स्लास्टिक फ्री इंडिया अभियान और पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आहान पर महापुरुयों की मूर्तियों को इस अवसर पर साफ और स्वच्छ कर पृष्पांजलि अर्पित की जा रही है एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ सुप्रसिद्व फिल्म अभिनेता अमिताम बच्चन को फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कहा कि दो पीढ़ियों को मनोरंजन और प्रेरणा देने वाले जाने माने फिल्म अभिनेता अभिताभ बच्चन को सर्वसम्मति से पुरस्कार के लिए चुना गया